त् केंद्र सरकार ने कोरोना संक्र म ण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्य क्र म को नावाचारी तरीके से आगे बढाने का फैसला किया है

भारतीय रेल ने बारह मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी तीस विशेष रेलगाडियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि मौजूदा तीस दिन से बढ़ाकर एक सौ बीस दिन करने का निर्णय लिया है यह फैसला उन सभी दो सौ स्पेशल मेल एक्स प्रेस रेलगाडियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की एक तारीख से शुरू होगा रेल मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव इक्कतीस मई की सुबह आठ बजे से लागू होंगे इसके अनुसार इन सभी दो सौ तीस रेलगाडियों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार अपने प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं श्री सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लेह में फंसे साठ कामगार आज झारखंड लौट रहे हैं उन्होंने इस काम में सहयोग के लिए लददाख प्रष्णासन सीमा सड़क संगठन और निजी विमान कंपनियों की टीम को धन्यवाद दिया केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद कामगारों को लेह से एयरलि पट किया गया है झारखंड के चार सौ अड़तालीस कामगार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे हैं वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड मेघालय सिक्किम और अरूणाचल प्रदे ध में आठ सौ तिरानबे प्रवासी फंसे हुए हैं

पिछले चौबीस घंटों के दौरान अठारह नये कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्र मित मरीजों की संख्या दो सौ साठ हो गई है वहीं राज्य में अबतक दो सौ तेरह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अबतक कुल सं क्र मितों की संख्या चार सौ सत्हत्तर हो गई है राज्य में एक तरफ जहां कोरोना सं क्र मित मरीज ठीक हो रहे हैं वहीं बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों के कारण सं क्र मितों की संख्या बढ़ती जा रही है बोकारो जिलों में दो और नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है दोनों प्र वासी श्रमिक हैं एक व्यक्ति कानपुर उत्त ा र प्रदेश से जबकि दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र से आया है इनकी उम्र लगभग अठाइस और छत्तीस वर्ष है दोनों गोमिया स्थित इस्टिट्यूशनल क्वारेंटीन सेंटर में रखे गए हैं

उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए तीन तरह से काम किया जा रहा है इनमें स्वदेशी प्र यास अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किये जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं

इस परिचर्चा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ प्रशून चटर्जी हिस्सा लेंगे

श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं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

इस कार्य क्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास सचिव अमित खरे ने मौजूदा स्थितियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्य क्र म के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी उपाय अपनाने पर बल दिया पर्यटन सचिव योगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मंत्रालय के तहत विभिन्न संस्थान पर्यटन के विभिन्न पक्षों पर डिजिटल माध्यम से विचार विमर्श वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं संस् कृ ति मंत्रालय में सचिव आनंद कुमार ने सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों के सभी वेबिनार एक भारत श्रेष्ठ भारत के साझा प्लेटफ ॉर्म के तहत लाए जाने चाहिए युवा कार्य मंत्रालय की सचिव ऊ था शर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार डिजिटल सामग्री साझा करने का सुझाव दिया सुचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव वि क्र म सहाय ने कहा कि प्रत्येक राज्य के सफल अनुभव भी अन्य राज्यों से साझा किये जाने चाहिए

रिम्स के निदेष्टाक डॉक्टर डीके सिंह ने सभी चिकित्सकों को ओपीडी सेवा शुरू करने के लिए निर्दे घ दिया था ओपीडी में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए उपाय किये गये हैं डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देषा के बाद ये सेवा शुरू की जा रही है ओपीडी में मरीजों का इलाज सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रही विशेष रेलगाड़ियां न केवल देर से शुरू हो रही हैं बल्कि अपने गंतव्य तक पहंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन भी ले रही हैं आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलर्वे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ गृह सचिव को नोटिस जारी कर यह बात कही आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है आयोग र्न मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि चार सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए

मई में बैंक ने सावधि जमा पर दूसरी बार कमी की है

नई ब्याज दरें बुधवार से लागू हो गई ये दरें सभी नई जमा राशियों पर प्रभावी होंगी

गढ़वा जिले के प्रतापपुर गांव में मारपीट और गोली चालन के मामले में पुलिस छह लोगों को गिर पतार किया है ईद के दिन बालू को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प् हुई थी इस मारपीट में दोनों पक्षों के बारह लोग घायल हुए थे पुलिस ने जिन लोगों को गिर पतार किया है उनके पास से दो देसी पिस्तौल भी जब्त की पुलिस अधीक्षक खोत्रे श्रीकांत सुरेश राव ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से चौबीस लोग सहित अज्ञात पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी

चतरा जिले के उपायुक्त ने डीआरडीए के प्रधान सहायक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में फर्जीवाड़ा कर की गई नियुक्ति मामले में उपायुक्त जितें द्र कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की

दसवीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैम्पियनधिप का आयोजन सिमडेगा में किया जायेगा हॉकी इंडिया की कल नई दिल्ली में हई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया चैम्पियनधिप दिसंबर माह में शुरू होगी और इसका फाइनल मैच मरांग गोमके जयपाल सिंह की जयंती पर तीन जनवरी दो हजार ईक्कीस को खेला जायेगा